मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों से वीआईपी सर्किट हाउस मुरार में भेंट की प्रतिनिधिमंडलों से भेंट के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल आदि मौजूद थे आत्मनिर्भर भारत वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल उत्पादों को बढावा देना होगा इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का फाइनल रोडमैप तैयार किया गया है

इससे निश्चित ही प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि होगी

कलेक्टर ने बताया कि हितग्राहियों के लिए एम राशन मित्र एप और पोर्टेल तैयार किया गया है हितग्राही इनके माध्यम से स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकाल सकेंगे किताब विमोचन अध्यात्म संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाक्र ने कल जवाहर बाल भवन के संचालक डॉ उमाशंकर नगायच द्वारा लिखित शोधपरक ग्रंथ महर्षि दयानंद का समाज दर्शन का विमोचन किया ग्रंथ में महर्षि दयानंद के विचारों पर गहन अनुसंधान और विवेचन करते हुए उनके व्यक्तित्व कृ तित्व दार्शनिक विचारों और अध्यात्म के क्षेत्र में उनके ्योगदान की व्याख्या की गई है वायुसेना डिजिटल भारत पहल के तहत वायु सेना प्रमुख एयरचीफ मार्षल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कल नई दिल्ली में वायु सेना के मुख्यालय वायु भवन में माई आईएएफ नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की यह ऐप प्रगत संगणन विकास केंद्र सीडैक के सहयोग से विकसित किया गया है और इसमें वायु सेना से जुडने के इच्छक लोगों के लिए करिअर संबंधी सुचना उपलब्ध होगी इस ऐप का उपयोग कर अधिकारी और कर्मचारी चयन प्रक्रिया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वेतन और भत्तों आदि की जानकारी ले सकेंगे एंड्रायड फोन के लिए यह ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है और वायुसेना के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और खेलों से जुड़ा हुआ है इसके जुरिए वायुसेना के इतिहास और इसकी शौर्यगाथा की झलकी भी मिल सकेगी

ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले के शहर से लगे सभी तालाबों और कर्बला परिसर में तीन दिन के अंदर बैरिकेडिंग कर दी जायेगी कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि लोग घर में ही गणेश प्रतिमा और मोहर्रम के ताजिये ठंडा करें और किसी भी प्रकार का जुलूस न निकालें

मौसम प्रदेश के सभी जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिष हुई जबकि अधिकांष भागों में लगातार बादल छाए हुए हैं

मौसम विभाग ने आज शहडोल जबलपुर उज्जैन इन्दौर होषंगाबाद और चंबल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है

गौरतलब है कि नदी में डूबी बच्चियों में से एक को बचा लिया गया था तीन के शव मिले हैं जबकि एक की तलाश जारी है